शाहजहांपुर संसदीय सीट के अन्तर्गत आठ मतदान केन्द्रों और हमीरपुर व आगरा के एक एक मतदान केन्द्र पर आज कराया जा रहा है पुनर्मतदान लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में प्रदेश की चौदह संसदीय सीटें धौरहरा सीतापूर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फ़तेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैज़ाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा के लिये मतदान अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो गया है निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिये सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया है इस चरण में कई महत्वपूर्ण नेताओं के चुनावी भाग्य का फैसला होना है

प्रमुख उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति इरानी कांग्रेस नेता और यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस नेता जतिन प्रसाद और समाजवादी पार्टी की नेता और शुव्रघ्न सिन्हा की पत्नी प्रनम सिन्हा चुनाव मैदान में हैं

अमेठी संसदीय क्षेत्र में सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया है

गोण्डा संसदीय सीट पर भी तय से मतदान करने का सिलसिला शुरू हो गया है

मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कुल सोलह हज़ार एक सौ छब्बीस मतदान केन्द्र बनाये गये हैं लोकसभा चुनाव के छठें और सातवें चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पद्न में रैलियां और जनसभाएं कर मतदाताओं को रिझाने के प्रयास में लगे हए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कारपेट नगरी भदोही के औराई क्षेत्र के माधौप्र गांव में भाजपा विजय संकल्प रैली को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा और बसपा ने हमेशा लोगों को जाति के नाम पर बांटा और अपने परिवार का विकास किया इनके जितने बड़े चेहरे हैं आज वो कैसी अलीशान जिंदगी जी रहे हैं कांग्रेस सवा बसपा ने हमेशा लोगों को आपस में जात पात पन्ध के नाम पर मिड़ाया सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किया है इन पार्टियों के जितने भी बड़े चेहरे हैं कुछ दशक पहले उनकी स्थिति क्या थी याद रखिये आज यो कैसी आलीशान जिंदगी जी रहे ये भी देखते रहिये श्री मोदी ने सपा बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि यह दोनों दल कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे अब दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के प्रत्याशियों के लिए योट मांग रहे हैं श्री मोदी ने भदोही में पार्टी प्रत्याशी रमेश बिन्द के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि केन्द्र में दोबारा सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हए राष्ट्रीय व्यापारी बोर्ड का गठन करेगी इसके लिए केन्द्र में अलग से एक विमाग बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि भदोही आज देश का सबसे बड़ा कालीन उत्पादक है

उन्होंने कहा कि बुनकरों को मेगा कारपेट कलस्टर में आध्निक लूम दिये जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में तीन तलाक की परंपरा मुस्लिम देशों में नहीं है उन्होंने कहा कि हम भी देश की मुस्लिम बहनों को यही समान अधिकार देना चाहते हैं हमारी पार्टी का उददेश्य किसी की भी धार्मिक भावना का अनादर करना नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल सुल्तानपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता और किसानों के साथ धोखा किया है उन्होंने दो हजार चौदह में किये गये किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया उन्होंने कहा कि जनता को ग्मराह होने से बचाने और देश में लोकतंत्र की साख को बनाये रखने के लिए ही सपा बसपा का महागठबंधन हुआ है शाहजहांपुर संसदीय सीट के अन्तर्गत आठ मतदान केन्द्रों और हमीरपुर व आगरा के एक एक मतदान केन्द्र पर आज प्नर्मतदान कराया जा रहा है लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उन्तीस अप्रैल को इन केन्द्रों में सम्पन्न हए चुनाव के दौरान ईवीएम और वोवी पैट मशीनों में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने यहां पांचवें चरण के साथ कल पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया था बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि प्रदेश में बसपा और सपा का गठबंधन देशहित में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए ही बना है कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में सुश्री मायावती ने कहा कि भाजपा के नेता अपनी च्नावी जनसभाओं में सपा और बसपा गठबंधन के लोगों को तोड़ने के लिए भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं सुश्री मायावती ने कहा कि महागठबंधन को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन ने अमेठी और रायबरेली सीट पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है